मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना संक्रमण के विरूद्व सभी के सहयोग और समन्वय से ही निकलेंगे अच्छे परिणाम प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक सम्पन्न

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इसमें चिकित्सा क्षमता बढ़ाने और मानव संसाधनों का उपयोग करने के प्रयास शामिल हैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें महामारी का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और उनके संचालन की विस्तृत जानकारी दी श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले दो वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले सेवानिक्त हुए थे उनसे भी अनुरोध किया गया है कि ये आपातकालीन हेल्प लाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि कमान मुख्यालय कोर मुख्यालय डिवीजन मुख्यालय और नौसेना तथा वायु सेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी को जनरल रावत ने बताया कि अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा रही है विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं श्री रावत ने बताया कि चिकित्सा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और जहां संभव होगा वहाँ सेना के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जायेगी श्री मोदी ने भारतीय वाय् सेना द्वारा देश और विदेशों में ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजही के लिए किए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के साथ केन्द्रीय और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड तथा विभिन्न मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देने के विषय पर भी चर्चा की

सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है अब केवल सीरिज और शीशी निर्माताओं फार्मा उद्योग और रक्षा बलों सहित तीन औद्योगिक क्षेत्रों को ही यह छूट दी गई है देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहत बढ़ोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है

इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलो में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं

सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक धार्मिक आयोजनों से जुड़ी सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के विरुद्व हर स्तर पर सभी के सहयोग समन्वय और पूरी मजबूती तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा तभी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और सफलता मिलेगी उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रयागराज और वाराणसी में रिकवरी की दर में वृद्वि एक सुखद संकेत है उन्होंने कोविड प्रबन्धन की मण्डल स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आगरा प्रयागराज कानपुर गोरखपुर वाराणसी लखनऊ मेरठ सहारनपुर अलीगढ़ मुरादाबाद बरेली आजमगढ़ अयोध्या झांसी के मण्डलायक्तों से संवाद कर उनके मण्डलों में कोरोना प्रबन्धन बचाव और उपचार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये अपनी कमिशनरी के जिलों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि ऑक्सीजन सहित जीवन रक्षक दवाओं की अनवरत उपलब्धता की गहन समीक्षा करते हुए उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये

मतदान कल सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि होम आइसोलेशन मरीजों से डॉक्टर सम्पर्क बनाये रखे और उन्हें दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाती रहें यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने दी श्री सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी निजी अस्पताल जिले के कोविड कट्रोल सेन्टर को प्रतिदिन खाली बेडों की संख्या जरूर बताये

उन्होंने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण की स्थितियां गंभीर है वहां बेडों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और अब अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों को अपना निजी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू करने के निर्देश दिये हैं

यह बात कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कही

केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है केन्द्रीय अल्यसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की कल समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें

अयोध्या के कालेराम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में कोविड नियमों के तहत श्रीहनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है